स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

कोरोना टीकाकरण देश में कोविड टीकाकरण के जोरदार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हए केन्द्र ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंदों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन ख्ला रखने का फैसला किया है केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के सातों दिन ख्ला रखें ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी ख्ले रखे जाएंगे

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है राज्य में संक्रमितों की क्ल संख्या तीन लाख के करीब पहुंच गई है

इनमें खरगोन बैतूल छिंदवाड़ा और रतलाम शामिल हैं इन जिलों में वरिष्ठ अधिकारी कोरोना संक्रमण के नियंत्रण की व्यवस्थाओं को देखेंगे श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा में अधिक रोगी संख्या को देखते हुए संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए तीन दिन के लिए लॉक डाउन किया गया है इसके अलावा प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन जिन शहरों में पूर्व में रहा है वहां यथावत रहेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक अप्रैल से टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है

मन्दसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर सहित जिले के नगरीय क्षेत्रों में कोरोना नियमो का पालन नही करने और बिना मास्क घूम रहे व्यक्तियों पर चलानी करवाई की जा रही है खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी को मास्क लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने के लिए पाबंद किया जा रहा है

खरगौन में नियमों का पालन नहीं करने वालों को ओपन जेल की सजा दी जा रही है

लोगों को सांकेतिक त्योहार मनाए जाने की हिदायत दी गई थी जबलप्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि रंग पंचमी पर्व पर आज व्यापारियों ने रैली निकालकर जहां एक ओर एक दूसरे को ग्लाल लगाकर त्यौहार मनाया तो वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लापरवाही ना बरतने को लेकर जागरूक भी किया बैतूल में बिना वजह घूम रहे य्वकों के खिलाफ कार्रवाई की गई पन्ना में रंगपंचमी का त्योहार सांकेतिक रूप से मनाया गया लोगों ने मंदिरों में पहच कर देवी देवताओं को ग्लाल अवीर चढ़ाया

इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था इसाई सम्दाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं रविवार को ईस्टर के समारोह श्रू होंगे ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो गए जबलप्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और शासन की गाईड लाइन के तहत शहर के सभी चर्च बंद रहे जिसके कारण ईसाई समाज के सभी श्रद्वाल्ओं ने घरों पर ही रहकर प्रार्थना की यहां हर साल परंपरागत रुप से निकलने वाली भक्ति रैली नही निकाली गई

एक ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इन गाडियों में यात्रियों के लिए स्रक्षित और स्गम यात्रा को स्निश्चित बनाया गया है उन्होंने बताया कि एक सप्ताहिक राजधानी स्परफास्ट स्पेशल ट्रेन रविवार से हजरत निजामुदीन और सिंकदराबाद के बीच चलाई जाएगी रोपवे केवल कार इंदौर जिले में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए शहर के व्यस्ततम क्षेत्र में रोपवे केबल कार चलायी जाएगी राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कल रोपवे केबल कार लगाने वाली कंपनी ने संभाग आय्क्त डॉ पवन क्मार शर्मा के सामने कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण दिया प्रथम चरण में शहर के चार व्यस्ततम मार्ग जवाहर मार्ग से राजबाढ़ा कॉलानी नगर से स्दामा नगर क्लॉथ मार्केट से महाराणा प्रताप नगर और इंदौर रेलवे स्टेशन से भंवरक्आं क्षेत्रों में रोपवे केबल कार चलाने का प्रस्ताव है

नमस्कार